लगातार बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है श्री जावड़ेकर आज पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विदेशों में अनुसंधान कर रहे प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को वापस बुलाने की कोशिश कर रही है उन्होंने विश्वविद्यालयों से शोध कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश भर के स्कूलों में तीन हजार नवसूजन प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं इससे छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार और रचनात्मक माहौल बनाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा भी उपस्थित थे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप लाभ जल्द मिलेगा इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सहायक प्रध्यापकों के रिक्त पड़े पदों पर ढ़ाई हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह सैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाईट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है बेगूसराय की जिला अदालत ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में आज पूर्व समाज कल्याण मंत्री और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी सीबीआई की टीम ने पिछले दिनों चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी की थी इस दौरान घर से पचास से अधिक कारतूस बरामद किये गये थे इस मामले में केन्द्रीय जांच एजेंसी ने स्थानीय थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मध्यम से भारी बारिश हुई है मॉनसून की ट्रफ लाइन पटना होते हुये आस पास के क्षेत्रों से गुजर रही है जिसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश समस्तीपुर जिले के मोरवा और ताजपुर में रिकॉर्ड की गयी बेगूसराय सारण मधुबनी वैशाली मुजफ्फरपुर कैमूर जमुई सिवान सीतामढ़ी पूर्णियां सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में चार सेंटीमीटर से ग्यारह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकतर नदियां उफान पर हैं बाल्मिकीनगर बराज से आज एक लाख तिरसठ हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में उफान आ गया है जिला प्रशासन ने पानी फैलने की आशंका के मद्देनजर नदी के किनारे बसे स्थानीय लोगों से गांव खाली कराने के निर्देश दिये हैं इधर गंगा सोन और पुनपुन के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जबकि नेपाल से निकलने वाली नदियां भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट हाथिदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान के आसपास रिकॉर्ड किया गया कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान को पार कर गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा आज पटना के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी इस दौरान शहर में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हये बाद में दिवंगत नेता के अंतिम अवशेषों को पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा नदी में विसर्जित किया गया इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय राज्य के मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में अस्थि कलश यात्रा निकली बाद में अटल जी की अस्थियां गंडक नदी में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित की गयी राज्य के अन्य हिस्सों में भी आज अंतिम दिन अस्थि कलश यात्रा निकाली गयी अररिया जिले के फारबिसगंज बाजार में स्टेशन चौक के पास एक निर्माणाधीन सिनेमाघर की दीवार गिरने से तीन लोगों की दब कर मौत हो गयी इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गयी बताया जाता है कि तीनों मृतक सड़क किनारे खड़े थे इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गये घटना के कारणों की जांच की जा रही है इधर बेगूसराय जिले में बछवारा थाना क्षेत्र के समसीपुर दियारा में तेज बारिश के दौरान मिट्टी के घर गिरने से दब कर एक महिला की मौत हो गई पूर्णियां जिले में हर घर सहज बिजली सौभाग्य योजना के कारण लोगों को नया कनेक्शन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है गरीब परिवारों को इस केंद्र प्रायोजित योजना के कारण उनके घर के पास ही शिविर में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं

सतकुदरिया पंचायत के ग्रामीण विकास कुमार बताते हैं कि घरों में उजाला आने से बच्चों की पढाई में सुविधा हो रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन सहायक लोको पायलट और तकनीशियन की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये पूर्व मध्य रेलवे तेरह जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा दानापुर से कल रात्रि साढ़े दस बजे सिकंदराबाद के लिये विशेष ट्रेन खुलेगी जो वापसी में उनतीस अगस्त को दानापुर के लिये प्रस्थान करेगी वहीं बरौनी से कल दोपहर ढाई बजे सिकंदराबाद के लिये विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है परसों सत्ताईस अगस्त को सुबह साढ़े छह बजे दरभंगा से भोपाल के लिये ट्रेन का परिचालन किया जायेगा पटना से सत्ताईस अगस्त को शाम के सवा चार बजे भुवनेश्वर के लिये विशेष ट्रेन चलायी जा रही है इसके अतिरिक्त सत्ताईस अगस्त को ही पटना से इंदौर के लिए एक और विशेष ट्रेन का परिचालन होगा रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार ने बहनों को विशेष सुविधा देने का निर्णय किया है इसके तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन सुबह से लेकर रात तक यह सुविधा मिलेगी पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की सौवीं जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी इस अवसर पर पटना मधेपुरा सासाराम सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में जयंती समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और मधेपुरा में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय बीपी मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित की

लगातार बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर